रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को सराहा मुख्यमंत्री ने कहा सभी वर्गों के कल्याण के लिए शुरू कीं गई नई योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल को बताया निराशाजनक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

आकाशावाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे और नए वर्ष में हमें सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त करवाने के संकल्प को साकार करना होगा

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा लेकिन हमने इस संकट से भी एक सबक सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है

नरेन्द्र मोदी ने लोगों से स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल की अपील की

इस अवसर पर शिमला में राज्य स्तरीय समरोह का आयोजन किया गया जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया उन्होंने राज्य सरकार के तीन वर्ष की उपलब्धियों को सराहा राजनाथ सिंह ने कहा कि तीन वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल सरकार की शानदार उपलब्धियां रही हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बधाई के पात्र हैं राजनाथ सिंह ने हिमाचल को वीरभूमि का नाम देते हुए कहा कि प्रदेश के हर परिवार से एक सेवारत जवान या पूर्व सैनिक है इस मौके पर भाजपा के महासचिव त्रिलोक जम्मवाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का संदेश पढ़कर सुनाया उन्होंने कहा कि तीन वर्षों के कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश का समुचित विकास कर नए आयाम स्थापित किए हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं

उन्होंने तीन वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए सरकार व लोगों को बधाई देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को भरपूर आर्थिक मदद दी है अनुराग ठाकुर ने इस दौरान रक्षा मंत्री को हिमाचली टोपी और शॉल से सम्मानित किया पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी समारोह को वर्चअल माध्यम से संबोधित किया भाजपा सचिव कुसुम सदरेट ने पूर्व मुख्यमंत्री शांताकुमार का संदेश पढ़कर सुनाया प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने भी समारोह को संबोधित किया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज शिमला के मालरोड़ पर प्रदर्शन किया राठौर ने बताया कि एक ओर लोग कोरोना से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार जश्न मना रही है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को प्रचार में करोड़ों रुपये खर्च करने की बजाए विकास पर ध्यान देना चाहिए इस बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुक्रवविंद्र सिंह सुक्खू ने भी सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल को विफल करार दिया प्रदर्शनी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला के रिज मैदान पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया इस दौरान राज्य सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पाजंलि अर्पित की प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा भी इस अवसर पर मौजूद रहे रक्तदान शिमला ग्रामीण क्षेत्र के खटनोल में समाज सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने आज एक रक्तदान शिविर लगाया इसमें करीब तीन दर्जन लोगों ने रक्तदान किया संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना काल में आईजीएमसी शिमला में खून की कमी को दूर करने के लिए ये शिविर लगाया गया उन्होंने कहा कि रक्तदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया भेंट कोरोना पॉजिटिव हुए पूर्व मुख्यमंत्री शांताकुमार का टांडा अस्पताल में इलाज चल रहा है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने फोन करके उनका कुक्षलक्षेम पूछा और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की

लोकतंत्र की सबसे छोटी संसद का हिस्सा बनने को लेकर लोगों में उत्साह है

सभी ज़िला प्रशासनों ने इसके लिए जरूरी प्रबंध किए हैं